उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते हैं वे अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए बैक दू विलेज यानी वापस गांव की ओर कार्यक्रम की सफलता का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में पिछले चार वर्षो की अपेक्षा चार गुना अधिक श्रद्वालु शामिल हुए हैं

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही लाभकारी बताया उन्होंने उम्मीद जताई कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करेगा प्रगति के पथ पर विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों से विज्ञान पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने का आहवान किया इस क्विज कॉम्पिटीशन के मुख्य विषय होंगे जैसे कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सेटेलाइट को कैसे ऑरबिट में स्थापित किया जाता है और सेटेलाइट से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त करते हैं

माई जीओवी वेबसाइट पर एक अगस्त को प्रतियोगिता की डिटेल्स दी जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आह्वान किया था उसका बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों ने पारंपरिक तरीको से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी पानी बचाने के कुछ अभिनव प्रयोगो को लोगों के सामने पेश किया है ग्रामीणों ने श्रम दान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया वो भी शुद्ध देसी तरीका इससे ना केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है ग्रामीणों का ये श्रम दान अब पूरे गाँव के लिए जीवन दान से कम नहीं है प्रधानमंत्री ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया राज्यपाल शपथ ग्रहण छत्तीसगढ़ की नव नियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हाल में शाम चार बजे होगा उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन शपथ दिलाएंगे केंद्रीय मंत्री जांच केंद्रीय जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आज सूरजपुर में साइबर सेल पुलिस अभिरक्षा में मृत आदिवासी युवक पंकज बेक के परिजनों से भेंट की बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई संदेह के दायरे में है इस मामले में दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए मुलाकात के दौरान पंकज बेक की पत्नी ने श्रीमती सिंह को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी पत्र सौंपा वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी पुलिस अभिरक्षा में पंकज बेक के मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है

जिले के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी की मौजूदगी में इन माओवादियों ने समर्पण किया ये सभी माओवादी पोग्गाभेज्जी और बड़ेसट्टी इलाके में लंबे समय से सक्रिय रहे इन पर हिंसा आगजनी सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है उधर नारायणपुर जिले के बदुकपारा जंगल में बीती रात सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने बारूदी विस्फोट भी किया नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान जवानों को भारी पड़ता देखकर माओवादी कुछ समय बाद घटनास्थल से भाग खड़े हुए वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में भी पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं हैं गौरतलब है कि माओवादियों ने विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जाने वाले अपने साथियों की याद में आज से शहीदी सप्ताह का ऐलान किया है इस दौरान बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं हालांकि माओवादियों के शहीदी सप्ताह का बस्तर संभाग के अलग अलग भागों में आंशिक असर ही देखा गया है इस बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सात माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं इनमें तीन महिला माओवादी भी शामिल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस मुठभेड़ को पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है हाथी हमला रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ इलाके में हाथियों के हमले से पांच वर्षीय बालिका की मौत हो गई वहीं बच्ची के माता पिता गंभीर रुप से घायल हो गए मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ वन मंडल में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है बीती रात इन्ही हाथियों का झुण्ड रुंवाफूल गांव में घुस आया उस समय गांव में बिजली नहीं होने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया अंधेरे में ग्रामीण यह समझ नहीं पाए कि उन्हें हाथियों से बचने के लिए किस तरफ भागना चाहिए अंधेरे के कारण अनजाने में बच्ची और उसके माता पिता हाथियों के झुंड की ओर ही दौड़ पड़े तभी हाथियों ने इन तीनों पर हमला कर दिया इस हमले में बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि माता पिता किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल माता पिता को धरमजयगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया मौसम बारिश बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ने से प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय बना हआ है इस वजह से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा हो रही है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बस्तर में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हल्की से तेज बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है पिछले दो दिनों से समूचे बस्तर इलाके में काफी बारिश हो चुकी है इस वजह से बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं जिले के तोयनार गंगालूर और फरसेगढ़ मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही रूक गई है बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने स्वयं वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की पहल की है कांकेर जिले के पखांजूर और कोयलीबेड़ा इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ है वहीं सुकमा जिले के गादीरास इलाके में मलगेर नदी का जलस्तर बढ़ने से गादीरास गांव का पुल डूब गया है इस वजह से करीब दस गांवों का संपर्क ट्रट गया है मुख्यमंत्री वाटर हार्वेस्टिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और नगरीय निकाय के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए वे अपने शासकीय आवास के साथ साथ अपने निजी घरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पंद्रहवें वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास पर केंद्रित रहेगा वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और सदस्यों ने अपने प्रवास के दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा की वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई इन चर्चाओं को इस बार बातों बातों में कार्यक्रम में शामिल किया गया है इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर हर वर्ष अट्ठाईस जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान पर जोर दिया है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को हेपेटाइसिस से बचाने के लिए इसके टीके अनिवार्य रूप से लगाने का आग्रह किया है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी और प्रदेश के वयोवद्व स्वाधीनता सेनानी दयाराम ठेठवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है